प्रदेश में ऑनर किलिंग और मॉब लिचिंग की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार बनाने जा रही है सख्त कानून जयपुर के वैशालीनगर थाने में दुष्कर्म पीडिता के आत्मदाह मामले में सीआई संजय गोदारा निलंबित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक करार देते महिलाओं की जीत बताया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी टवीट के जरिये विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है गौरतलब है कि राज्यसभा ने इस विधेयक को कल मंजूरी दी लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी थी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन जायेगा

बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बताते हुए तीन साल जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है विधेयक में तीन तलाक की पीडित महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों को गुजारा भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है जिस महिला को तलाक दिया गया है उसकी सहमति और मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही मामले में समझौता किया जायेगा राज्यसभा ने विधेयक पर और विचार विमर्श करने के लिए इसे संसद की प्रवर समिति को भेजने के विपक्ष के प्रस्ताव को भी नामंजूर कर दिया

इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार मुस्लिमों के पारिवारिक ढांचे को तोड़ने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि इस विधेयक में पीडित महिला और उसके भरण पोषण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है

विधेयक का उद्देश्य सभी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों के वेतन और बोनस को विनियमित करना है चाहे गतिविधि किसी उद्योग या व्यापार या विनिर्माण से जुड़ी हो संहिता के अनुसार केंद्र सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करेगी

पाकिस्तानी सेना ने जम्मू डिवीजन के राजौरी जिले के सुन्दरबनी क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के निकट अकारण गोलीबारी की रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने आकाशवाणी को बताया कि भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सैन्य चौकी को भारी नुकसान हुआ और पाकिस्तान के कई जवान हताहत हुए हालांकि गोलीबारी के दौरान एक भारतीय जवान भी शहीद हुआ

प्रदेश में ऑनर किलिंग और मॉब लिचिंग को लेकर राज्य सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है इस संबंध में विधानसभा में कल मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए दो विधेयक पेश किए गए इसके तहत जाति समुदाय और परिवार के नाम पर वैवाहिक यूगल में से किसी को भी जान से मारने पर आरोपियों को फांसी या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी मॉब लिचिंग मामले में दो या दो ज्यादा व्यक्ति भी भीड माने जायेंगे इस बिल के तहत सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति या युगल के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को भी सख्त सजा का प्रावधान है

जयपुर के वैशालीनगर थाने में दुष्कर्म पीडिता के आत्मदाह मामले में सरकार द्वारा लिये गये फैसले के अनुसार सीआई संजय गोदारा को निलंबित कर दिया गया है इससे पहले कल यह मामला विधानसभा में उठा जहां भाजपा विधायकों ने मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर सदन से वॉक आउट किया शून्यकाल में भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण दुष्कर्म पीड़िता को आत्मदाह करना पड़ा उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए उधर संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस मामले के आरोपियों को बक्शा नहीं जायेगा

सवाईमाधोपुर जिले में भी गांधी दर्शन समिति और जिला प्रशासन की ओर से प्रदर्शनी संगोष्ठी और प्रतियोगिताओं के आयोजन किये जा रहे है कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर गांधी दर्शन यात्रा भी निकाली जा रही है यह आयोजन अगले तीन दिनों तक जारी रहेंगे भारतीय किकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किकेटर पृथ्वी शॉ को डोपिंग केस में आठ महीने के लिये निलंबित कर दिया है प्रदेश के दिव्य गजराज और विदर्भ के अक्षय भी निलंबित हुए है

बोर्ड ने कहा कि शॉ ने अनजाने में प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया जो आमतौर पर खांसी की दवा में पाया जाता है

पाली जिले के मारवाड कस्बे में खेलते खेलते पानी के गड्डे में गिर जाने से एक बच्ची की मौत के समाचार है प्रदेश में दो दिन से मानसून की बारिश की धीमी रफ्तार ने आज बूंदी और राजसमंद जिले में फिर से गति पकडी है